नीमच की आंचल ने वायुसेना में फ्लाइंग आफिसर बनकर अपने चाय बेचने वाले पिता का बढ़ाया मान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी कल भी बना रहेगा ऐसा ही मौसम

कल यहां एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था

कैमरे के सामने से गुजरने पर किसी यात्री अथवा रेलकर्मी का तापमान असामान्य हुआ तो तुरंत स्क्रीन पर अलर्ट मैसेज आ जाएगा इससे कोरोना संक्रमितों की पहचान में सुविधा होगी सागर जिला चिकित्साल के परिसर में कोरोना वायरस की जांच के ट्र नॉट मशीन की स्थापना कर दी गई है इससे जांच में सुविधा होगी

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस का संकमण लोगों तक जा पहुंचा है नीमच में आज कस्तूरबा गांधी छात्रावास में बने कोविड सेंटर से तीन लोगों को और जिला अस्पताल से एक व्यक्ति को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया

कोरोना देश भारत में घनी आबादी के बावजूद प्रति लाख आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं

यह औसत अमरीका जर्मनी स्पेन और ब्राजील में लगभग चार से पांच गुना अधिक है यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से संभव हो पाया है

वायुसेना चयन नीमच शहर में चाय की दुकान लगाने वाले सुरेश गंगवाल की प्रतिभावान बेटी आंचल का चयन वायुसेना में फ्लाइंग आफिसर के रूप में हुआ है

उन्होंने कहा कि गरीब उपभोक्ताओं को बिजली बिल में अधिक छूट दी जा रही है

बिजली बिल भुगतान की तारीख भी बढ़ाई गई उन्होंने बताया कि संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान प्रदेश के अनेक बिजली उपभोक्ताओं ने राज्य शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की प्रशंसा की हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता के अनुसार सौसर के विधायक विजय चौरे ने आज विद्युत अभियंता को ज्ञापन सौंपकर आम लोगों के बिजली बिल की राशि माफ करने की मांग की

उन्होंने मूल्य वृद्धि को वापस लिये जाने की मांग केन्द्र और प्रदेश सरकार से की है

इस दौरान कोरोना संकमण से बचाव संबंधी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है

लगातार बारिश से तापमान में कमी आई है मौसम विभाग के अनुसार कल शहडोल रीवा जबलपुर होशंगाबाद सागर भोपाल संभाग में गरज चमक के साथ तेज बौछारे पड़ सकती है इंदौर ग्वालियर उज्जैन चंबल संभाग में कहीं कहीं और शहडोल रीवा संभाग के कुछ जिलों भारी वर्षा की संभावना है सैनिक बिदाई बैतूल जिले के आमला में आज दिवंगत सैनिक शैलेन्द्र पंवार को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम बिदाई दी गई

इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके सहित अनेक जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी और बढ़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे रेडकास कोरोना संकमण को रोकने और जागरूकता संबंधी सेवा कार्य के लिये मध्यप्रदेश रेडकास सोसायटी को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है लॉकडाउन के दौरान रेडकास की जिला इकाईयों द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर भी लोगों को रक्तदान के लिये प्रेरित किया गया साथ ही समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को चिकित्सा संबंधी सहायता के साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है

इनके विकय से महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉ अशोक कुमार भार्गव को आर्डर ऑफ मैरिट नेशनल स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह अवार्ड बेहतर प्रशासनिक कार्य करने के लिये दिया जाता है अशोकनगर जिले में ककल आॅनलाइन ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा इस बारे में जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है